शीतलहर चलने से जन जीवन प्रभावित है हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि तेज ठंड के बावजूद पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सैलानियों की आवक बनी हई है सवाई माधोपुर के रणथंभौर में भी नए वर्ष को देखते हुए पर्यटकों की चहल पहल है आज भी कई स्थानों पर पारा जमाव बिन्दू से नीचे बना हुआ है

मौसम विभाग ने आज बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है वहीं कल जयपुर कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में आंशिक बादल छाये रहने और कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है

राज्य सरकार का यह आदेश नगर निगम और नगर परिषद की सीमा में लागू रहेगा इन क्षेत्रों में बाजार रात सात बजे बंद कर दिए जाएंगे जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है उधर नए साल के जश्न को देखते हए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है मंत्रालय द्वारा रोज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है भीड भाड़ के कारण कोराना संक्रमण फैल सकता है इसलिए सभी राज्य इस संबंध में कारगर कदम उठाएं

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा की तारीखें आज शाम घोषित होंगी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसकी घोषणा करेंगे उन्होंने अभिभावकों शिक्षकों और संस्थाओं को आश्वस्त किया है कि सभी निर्णय छात्रों के हित में लिए जाएंगे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में शहीद हुए अलवर की तिजारा तहसील के राईखेड़ा गांव के जवान रोहताश यादव का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा श्री यादव राष्ट्रीय राइफल्स में हवलदार के पद पर कार्यरत थे झालावाड़ के राड़ी के बालाजी क्षेत्र में अचानक कौओं की मौत के बाद जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी के आदेश जारी किए हैं जिला कलेक्टर के आदेश के बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने बीमार कौओं का उपचार किया तथा सैम्पल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान भोपाल भेजे यहां से प्राप्त रिपोर्ट में कौओं में एवियन इंफ्लुएन्जा रोग की पुष्टि की गई है